राज्य में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच निर्दलीय विधायक सुरेन्द्र सिंह शेरा ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात विश्व महिला दिवस के मौके पर इंदौर के राजेन्द्रनगर रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह महिला स्टाफ तैनात बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भिंड मुरैना श्योपुर सहित कई जिलों में फसलों को नुकसान जन औषधी दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोगों के बेहतर इलाज को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अस्पतालों और डॉक्टरों से जेनरिक दवाइयां लिखने को कहा गया है

कोरोना वायरस के बारे में उन्होंने कहा कि इससे न तो भयभीत हो और न ही इस संबंध में किसी भी अफवाह पर ध्यान दें श्री मोदी ने कहा कि हमें अभिवादन करने के लिए भारतीय तरीका नमस्ते करना अपनाना चाहिए ये संक्रमण के प्रसार की संभावना को कम करने का वैज्ञानिक तरीका है उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि बुखार खांसी या गला खराब होने के लक्षण दिखने पर अपने आप इलाज करने के बजाय डॉक्टर की सलाह ले प्रदेश राजनीति राज्य में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम खुला पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्ता की लोलपता भाजपा को पतन की ओर ले जा रही है इसस पहले निर्दलीय विधायक सुरेन्द्र सिंह शेरा ने सपरिवार आज भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को समर्थन जारी रखने का भरोसा दिलाया गौरतलब है कि श्री शेरा उन चार विधायकों में शामिल हैं जो पिछले चार दिन से लापता थे उधर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की अगुवाई में भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने कुछ देर पहले राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की इस दौरान भाजपा विधायक संजय पाठक भी साथ थे भाजपा का आरोप है कि साजिश के तहत उनके विधायकों की सुरक्षा हटाई जा रही है परीक्षा प्रश्नपत्र प्रदेश में हाई स्कूल परीक्षा के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में पाक अधिकृत कश्मीर का विसंगतिपूर्ण एवं आपत्तिजनक उल्लेख किये जाने पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने व्याख्याता नितिन सिंह जाट और रजनीश जैन को निलंबित कर दिया है दोनों व्याख्याता के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी नितिन सिंह जाट ने इस प्रश्न पत्र को बनाया था वहीं रजनीश जैन प्रश्नपत्र के मॉडरेटर थे महिला दिवस फ़लेगशिप विश्व महिला दिवस पर कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कांफ्रेसिंग से देश के सात राज्यों की महिलाओं से चर्चा करेंगे इनमें धार जिले के स्वयं सहायता की जीना भाटी और बश् इस्के भी हैं जो प्रधानमंत्री को समूह से जुड़ी महिलाओ की कहानी सुनाएगी

समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने गांव गांव में घूम कर महिलाओ को समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित किया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

इस अवसर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की मातृ शक्ति को बधाई देते हुए कहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके देना समाज और सरकार की साझा जिम्मेदारी है

इसमें महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास लोक परम्पराओं तथा सामाजिक क्रीतियों जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी प्रत्येक सभा के लिए एक शासकीय महिला अधिकारी या कर्मचारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया है कि सबला महिला सभा में महिला सशक्तिकरण बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम भी होंगे उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल से स्वास्थ्य माह भी शुरू हो रहा है

सागर में आज जनजागरूकता रैली निकाली गई जिसमें महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया राजगढ़ आगरमालवा देवास श्योपुर भिंड मुरैना नीमच बड़वानी झाबुआ रतलाम सिवनी नरसिंहपुर रायसेन सहित सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएगे

यहां दो दिन के लिये पूरी तरह महिला स्टाफ को तैनात किया गया है

मौसम बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है

श्योपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने विजयपुर तहसील के तीन गांवों का दौरा किया उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि जल्द नुकसान का सर्वे कराया जाएगा मुरैना में भी कलेक्टर प्रियंका दास ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

उधर दतिया जिले के सेमड़ा और भांडेर क्षेत्र में कल रात तेज बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे सीधी शहडोल जिले में भी मौसम बिगड़ने से दलहनी फसलों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है उधर धार जिले में आज हुई बुंदाबादी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है मौसम विभाग ने होली के बाद मालवा निमाड़ छोड़कर राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाने और बारिश का अनुमान जताया है

बैतूल में आज आशा सहयोगी प्रशिक्षण आयोजित किया गया

अनूपपुर जिले में कोरोना वायरस संकमण की वजह से एहतियातन कल निकाली जाने वाली महिला वाहन रैली को स्थगित कर दिया गया है आगरमालवा जिले में होली पर्व के पूर्व फाग उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है बड़वानी में कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिये कलेक्टेट सभाकक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया